मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया उभभा गांव में बीते जुलाई माह में दस आदिवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज लखनऊ में कहा कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री रक्षा कोष में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है इसके अंतर्गत पहले चौबीस हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती थी जो अब बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र में छियालीस हजार रुपये और शहरी क्षेत्र में छप्पन हजार पांच सौ रुपये तक कर दी गई है मंत्रिमंडल ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संविदा शिक्षकों का मानदेय डेढ़ गुना बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि आचार्य का मानदेय नब्बे हजार रूपये प्रति माह से बढ़ाकर एक लाख पैंतीस हजार रूपये और सह आचार्य का मानदेय अस्सी हजार रूपये से बढ़ाकर एक लाख बीस हजार रूपये तथा प्रवक्ता का मानदेय पचास हजार रूपये से बढ़ाकर पचहत्तर हजार रूपये किया गया है कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार के वेतन और भत्ते में भी बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है इनका वेतन चालीस हजार रूपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तथा भत्ता दस हजार रूपये से बढ़ाकर पच्चीस हजार रूपये किया गया है केन्द्र सरकार ने कहा है कि अगले वर्ष मार्च के अंत तक करीब तेरह हजार और स्वास्थ्य तथा कल्याण केन्द्र बनाये जायेंगे इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे सत्ताईस हजार केन्द्र काम कर रहे हैं नई दिल्ली में सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चिकित्सा उत्पादों तक पहुंच पर वैश्विक सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत दो हजार बाईस तक डेढ़ लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र खोले जाने का निर्णय लिया है

इस योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है देश भर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र स्थापित करना

प्रवर्तन निदेशालय ने आज बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग चौहत्तर के चौड़ीकरण के काम में कथित भ्रष्टाचार मामले में करीब बाईस करोड़ रूपये मूल्य की सम्पत्तियां जब्त की गई हैं ये सम्पत्तियां विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारियों भू स्वामियों किसानों और बिचौलियों की हैं इनमें प्रदेश के रामपूर जिले तथा उत्तराखंड के देहरादून और ऊधम सिंह नगर जिलों में स्थित कृषि तथा उद्योगों के लिए जमीन और व्यावसायिक भूखंड तथा भवन शामिल हैं निदेशालय ने बताया कि आरोपियों के ग्यारह बैंक खाते और म्यूचुअल फंड के कागजात पर प्रतिबंध लगा दिए गये हैं भाजपा संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में संसद के पुस्तकालय में हुई बैठक के दौरान विदेशमंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल की विदेश यात्रा की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए आरसेप संगठन में शामिल नहीं होने के भारत के फैसले की विस्तार से जानकारी दी

मथुरा में प्रशासन ने खेतों में फसलों के अवशेष जलाने की घटनाओं को गंभीरता से लिया है जनपद में अब तक सोलह किसानों को पराली जलाने पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और लापरवाही बरतने के आरोप में दो लेखपालों को निलम्बित किया गया है जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने आज कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए चालीस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है अब तक तीन सौ किसानों को दोषी पाए जाने पर उनके विरूद्व कार्रवाई की जा रही है उन्होंने कहा कि जनपद में पराली जलाने वालों पर तेरह लाख पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है राष्ट्र आज अट्ठारह सौ सत्तावन क्रांति की महानायिका और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मना रहा है इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोगों ने वीरांगना लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया झांसी में महिलाओं ने नगर के किले से एक मोटरसाइकिल रैली निकालकर महिला सशक्तीकरण का संदेश दिया रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में आज स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जौनपुर के सरांवा गांव में शहीद लाल बहादुर गुप्त स्मारक पर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एवं लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर नमन किया है प्रदेश के सभी जिलों में रहने वाले सैन्य व असैन्य रक्षा पेंशनरों की शिकायतों के निराकरण के लिए तेईस एवं चौबीस नवंबर को लखनऊ छावनी स्थित सेना चिकित्सा कोर केन्द्र एवं कॉलेज के स्टेडियम में रक्षा पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा